रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण आज मुरैना में शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगी

इकतीस दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान अठारह बैठकें प्रस्तावित है

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधायक दल की आज शाम भोपाल में बैठक होगी नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बताया कि इस बैठक में सदन में पार्टी की ओर से उठाये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जायेगी पार्टी ओलावृष्टि और सूखे के अलावा बढ़ते जलसंकट को सदन में प्रमुखता से उठायेंगी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने सदन की कार्यवाही सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना प्रत्येक भारतीय का मौलिक कर्तव्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला विकास से महिला नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने संकट के दौरान जन सुरक्षा के लिए तैयारी और अतिसक्रियता पर बल दिया और कहा कि लोगों को सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर बहत सारी द्र्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण होती हैं उन्होंने उद्यमियो और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से स्वयं सहायता समूह तथा सहकारी समितियां बनाने को कहा जिससे गोबर धन योजना का लाभ लिया जा सके और ग्रामीण आबादी के लिए आय के स्रोत बढ़ाये जा सके रक्षामंत्री दौरा केन्द्रीय रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आज मुरैना में शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगी

शहीद स्मारक के लोगार्पण के बाद वे रक्षा उपकरणों पर लगाई गई एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगी केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे मिल आग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित कपड़ा मिल में आग की घटना की जांच के आदेश दिये है उन्होंने कहा है कि इस घटना में प्रबंधन की किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी उन्होंने घटना के दौरान पुलिस बल दमकलों और स्थानीय नागरिकों द्वारा दिखाई गई तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सरकार मजदूरों के साथ है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जायेगी सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग ने इस घटना के बाद मिल परिसर पहॅचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया उन्होंने आश्वस्त किया कि मिल में आगजनी के चलते हुए नुकसान से मजदूरों के रोजगार पर आये संकट को देखते हुए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जायेगी और प्रभावित सभी लोगों की सरकार मदद करेगी

इन देशों में बेल्जियम हांगकांग स्विट्जरलैंड अमरीका ब्रिटेन द्वबई सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय इन देशों को अनुरोध पत्र भेजने के लिए मुम्बई की एक अदालत से आदेश लेगा इन देशों में नीरव मोदी मेहल चोकसी और उनसे संबंधित अन्य लोगों के आभूषण व्यापार का पता चला है न्यायिक अनुरोध भेजने का उद्देश्य नीरव मोदी और चोकसी के विदेशों में वित्तीय लेनदेन के बारे में विस्तृत व्यौरा हासिल करना है

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में दो दो एफआईआर दायर की है कुषि मेला बालाघाट में आगामी सात से नौ मार्च तक तीन दिवसीय राज्यस्तरीय जैविक कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की उपस्थिति में किया जाएगा

किसान राहत जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल दतिया जिले के कई गॉवों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि ओलावृष्टि और अवर्षा से प्रभावित प्रत्येक किसानों को राहत राशि मुहैया कराई जायेगी उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है इस वर्ष सरकार दो हजार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी करेगी उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी उद्यानिकी विभाग किसान की आय दोगुनी करने के लिए उद्यानिकी विभाग ने रोडमेप तैयार कर उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केई कदम उठाये हैं

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए अनुदान दिये जाने से पिछले दो वर्षों में उद्यानिकी फसलों की पैदावार बढ़ी है इन फसलों के भण्डारण और विक्रय के लिए समुचित कदम उठाये गये हैं

प्रदेश के सर्भी शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यो को निर्देश दिये गए हैं कि नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शत प्रतिशत छात्रवृत्ति स्वीकृति का लक्ष्य सुनिश्चित करें श्रीदेवी निधन जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को आज दुबई से मुंबई लाया जा रहा है उनका परसो देर रात दिल का दौरा पड़ने के कारण वहां निधन हो गया था वे विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दुबई गई हुई थी बोर्ड परीक्षा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षायें एक मार्च से शुरू होंगी इन परीक्षाओं की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं

शिक्षा मंडल ने इन परीक्षओं के मद्देनजर अन्य सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये हैं

धार में भारत विकास परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया

गुना जिले के म्याना में विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया